मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सराज के लोगों की सराहना की है वे कल सायं शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सराज भाजपा मंडल की वर्चअल रैली को सम्बोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास के कार्यों में धन के अभाव को आड़े नहीं आने दिया जाएगा और विकासात्मक परियोजनाओं को तय समय में पूरा किया जाएगा इस दौरान मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी अपने विचार रखे मुख्यमंत्री ने सोलन भाजपा मण्डल की वर्च्अल रैली को भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना वायरस को रोकने में सफल रही है और प्रदेश की स्थिति पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर है वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कोरोना मुक्त बनने की ओर अग्रसर था लेकिन देश के विभिन्न भागों में फंसे लोगों के राज्य में आने के चलते कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये समुदाय संक्रमण के मामले नहीं हैं बल्कि सभी पॉजिटिव मामले दूसरे राज्यों से प्रदेश में आए व्यक्ति या उनके प्राथमिक संपर्क में आने वाले व्यक्ति हैं

कोविड अपडेट प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है

अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की वैबसाईट डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू डॉट एचपीबीओएसई डॉट ओआरजी पर सम्पर्क किया जा सकता है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को दैनिक सवेरा टाइम्स ने सुर्खी दी है हिमाचल में विकास कार्यों के लिये नहीं धन की कमी विकास योजनाओं को तय अवधि में पूरा करेगी सरकार जबकि पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है स्कूल व कॉलेज खुलने के लिये करना होगा इंतजार आपका फैसला के शब्द हैं मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना से लड़ने में हुआ सफल स्कूल खोलने में जल्दबाजी नहीं होगी केन्द्र की गाइडलाइन का इंतजार शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है स्कूल खोलने के बजाय पेरेंट्स ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने के पक्ष में

हिमाचल दस्तक के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते में होंगे एग्जाम शिक्षा सचिव ने प्रदेश विश्वविद्यालय के उपकुलपति से की बैठक मौसम पर दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल के मैदानों में गर्मी ने छ्ड़ाए पसीने